दो अन्य परियोजनाएं हैं बंगलादेश की राजधानी ढाका में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद भवन का निर्माण और बांग्लादेश भारत पेशेवर कौशल विकास संस्थान की स्थापना दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आज हई याता के बाद शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सात ज्ञापन समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एलपीजी और कौशल विकास संस्थान जैसी परियोजनाओं से आम आदमी को लाभ होगा तीन परियोजनाएं तीन अलग अलग क्षेत्रों में हैं एलपीजी इंपोर्ट वोकेशनल ट्रेनिंग और सोशल फेसिलिटी लेकिन इन तीनों का उद्देश्य एक ही है और वो है हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना यही भारत बांगलादेश संबंध का मूल मंत्र भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि विवेकानंद भवन में सौ से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी ढाका के रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद भवन का प्रोजेक्ट जो दो महानुभावों के जीवन से प्रेरणा लेता है हमारे समाजों और मृत्यों पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का अमिट प्रमाव रहा है बंग्ला संस्कृति की उदारता ओर खुली भावना की तरह ही इस मिशन में भी सभी पंथों को मानने वाले के लिए स्थान है

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उम्मीद जताई की आज की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और मजबूत होंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने वक्तव्य में सभी परियोजनाओं के लिए भारत की आर्थिक मदद के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी संयुक्त सहयोग की ऐसी और परियोजनओं का उद्घाटन किया जाएगा शेख हसीना ने कहा कि पिछले दो दशकों के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कंपनी सचिवों को व्यापक सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए

राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कंपनी सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए उनसे काफी उम्मीदें भी हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है लखनऊ में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षो के दौरान रेपो दर में पांच बार कमी की गई है जिससे उद्योग जगत को काफी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों के दौरान कैबिनेट की पन्द्रह बैठकों में एक सौ दस ऐसे फैसले लिये गए जिनसे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश के आघास्भूत संरचना के क्षेत्र में सौ लाख करोड़ रूपये के निवेश का फैसला किया है

इसी से अर्थव्यवस्था तेज होती है इसके लिए सौ लाख रूपये का निवेश भारत सरकार ने तय किया है सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि बैंकों के विलय से बैंकिंग उद्योग मजबूत हुआ है और सभी ने इसका स्वागत किया है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैंकों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें सत्तर हजार करोड़ रूपये दिये गए हैं और सरकार द्वारा आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने युद्व में मारे गए सैन्यकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रूपये करने के फैसले को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है यह सहायता राशि थल सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष से दी जायेगी इस कोष की स्थापना वर्ष दो हजार सत्रह में रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत की गई थी शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर आज प्रदेश भर में माँ भगवती के सातवें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है फूल मालाओं से सजे पाण्डालों और मंदिरों में आज सुबह माँ दुर्गा के पट खुलते ही दर्शन पूजन के लिये श्रद्वाल्ओं की भीड़ उमड़ पड़ी मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचल धाम में प्रदेश और पड़ोसी राज्यों से श्रद्वालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है बलरामपुर में देवीपाटन शक्तिपीठ सीताप्र के नैमिषारण्य स्थित माँ ललिता देवी मंदिर गोरखप्र जिले के ग्रामीण अंचल में स्थित माँ तरक्लहा देवी मंदिर और महराजगंज के लेहड़ा देवी मंदिर के मेलों में श्रद्वालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं